इस अवसर पर लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले चार वर्षो में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफार्म की नीति पर अमल करते हुये राज्य में विकास की अनेकों योजनाएं संचालित की हैं

श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में व्यवसाय और उद्यम के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर उभरा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षो में निजी क्षेत्र में करीब तीन लाख करोड़ रूपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है

श्री योगी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी है

श्री योगी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल करते हुए प्रदेश में संगठित अपराध को समाप्त किया गया है जिससे कानून व्यवस्था बेहतर हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए निरंतर कार्य किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण इसी वर्ष पूरा होने की उम्मीद है उन्होंने कहा कि करीब छः सौ किलोमीटर लर्बे गंगा एक्सप्रेस वे के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है श्री योगी ने कहा कि चार वर्ष पहले प्रदेश में सिर्फ दो हवाई अड्डे लखनऊ और वाराणसी में थे जबकि आज कुशीनगर जेवर और अयोध्या में अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रयागराज कानपुर हिंडन बरेली में हवाई अड्डे संचालित किये जा रहे हैं और तेरह अन्य हवाई अड्डों और एक हवाई पट्टी को विकसित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल के संचालन के लिए निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है इसके अलावा गोरखप्र वाराणसी प्रयागराज और झांसी में जल्द ही लाइट मेट्रो श्रू की जायेगी प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि क्षय रोग अब असाध्य बीमारी नहीं रह गयी है और इसका पूरी तरह से उपचार संभव है उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कर इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है श्रीमती पटेल सत्रह से चौबीस मार्च तक चलाए जा रहे टीबी जागरूकता सप्ताह पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है उन्होंने कहा कि टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए समी लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा देश में अब तक तीन करोड़ तिरानबे लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में बाईस लाख दो हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है